विश्व में देश की मजबूत छवि दर्शाने के लिए भारतीय समुदाय की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा भारतीय जनता पार्टी न केवल चुनावों के समय बल्कि चौबीस घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि क्षेत्र प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है शामिल राज्यपाल रामनाईक ने शिक्षा की गृणवत्ता के साथ साथ शोध की गृणवत्ता बढ़ाने पर दिया बल कहा पाठ्यक्रमों को रोज़गारपरक बनाया जाना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच घनिष्ठ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर बल दिया है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्रीलंका की संक्षित यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ ट्विपक्षीय बैठक की इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त संघर्ष हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा तथा आर्थिक विकास में सहयोग समेत कई मुद्रों पर विचार विमर्श किया गया प्रधानमंत्री ने कल दोपहर कोलम्बो के इंडिया हाउस में श्रीलंका में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से बात की उन्होंने कहा कि इस समुदाय ने दोनों देशों के ट्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की छवि को विदेशों में दर्शने के लिए भारतीय समुदाय के उत्साह की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र भारत के मूल्यों का हिस्सा है भारत में लोकतंत्र ये व्यक्स्था नहीं है भारत में लोकतंत्र ये संस्कार है और दुनिया यही समझ नहीं पाती दुनिया आज भी व्यक्स्था से तोकतंत्र से जुझी हुई है भारत संस्कारों से लोकतंत्रों से जुझा हुआ है सदियों से हमारे पूर्वजों ने हमारी परंपरा बनाई है उसमें लोकतंत्र का एसेंस हैं और उसी कारण आज हमारा लोकतंत्र सामर्थयवान बनकर नित्य नई ताकत पाते हुए आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री मोदी सेंट एथनी चर्च भी गये और ईस्टर संडे आतंकवादी हमले से प्रभावितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि श्रीलंका एक बार फिर उठ खड़ा होगा और आतंक की कायरतापूर्ण गतिविधियां इस देश की जीवटता को पराजित नहीं कर सकतीं उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ एकजुट होकर खड़ा है प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार सत्ता संगालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा की दूसरे चरण में कल सुबह श्रीलंका पहुंचे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में बताया कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत की पड़ोसी पहले की नीति परिलवित हुई है भारत और मालदीव ने आतंकवाद के विभिन्न रूपों के विरुद्द अपने दु ष्टिकोण की फिर से पुष्टि की है दोनों देश आपसी घनिष्ठ सहयोग को और बढ़ाने पर राजी हुए हैं तथा उन्होंने नागरिकों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ करने का भी फैसला किया है अपनी माले यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति सोलिह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में ट्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच पांच समझौता ज्ञापनों और एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए

उन्होंने कल शाम तिरुपति में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा राजनीति में केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं है बल्कि जनता की सेवा के लिए है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल चुनावों के समय बल्कि चौबीस घंटे जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है उन्होंने कहा कि लोगों की बढ़ती आकांक्षाएं देश के सुनहरे भविष्य को परिलक्षित करती हैं जीतना एक चुनाव के समय चुनाव के मैदान में करना होता है

प्रधानमंत्री ने राज्य के नये मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को शानदार जीत के लिए बधाई देते हुए आंध्रप्रदेश के विकास में केंद्र के हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया प्रधानमंत्री ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में राष्ट्रीय आवश्यकताओं और सदाचार पर बल दिया गया है और इससे विश्व स्तरीय विद्यार्थी तैयार करने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस नीति में मातृभाषा को उचित महत्व दिया गया है किंतु बहु भाषी विश्व में अन्य भाषाओं को जानना भी जरूरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषि क्षेत्र प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है और वह इस दिशा में प्रमावी कदम उठा रही है श्री योगी कल लखनऊ स्थित लोकभवन में कृषि विभाग के किसान पाठशाला के चौथे संस्करण द मिलियन फार्मर्स स्कूल का शुभारम्म करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि द मिलियन फार्मर्स स्कूल एक अभिनव कार्यक्रम है जिसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यशालायें संचालित की जा रही हैं श्री योगी ने कहा कि अभी तक संचालित पन्द्रह हजार से अधिक कार्यशालाओं के माध्यम से हर संस्करण में दस लाख से ज्यादा किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हज़ार बाईस तक किसानों की आय दो गुना करने के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया है जिससे उत्पादन में नित्य बढ़ोत्तरी हो रही है उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछते दो वर्षो के दौरान राज्य के गन्ना किसानों को साढ़े अड़सठ हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है उन्होंने कहा कि किसानों को पारदर्शी ढंग से विभिन्न कृषि योजनाओं का फायदा पहंचाने के लिए प्रदेश के लगभग ढाई करोड़ किसानों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मण्डी अधिनियम में कई संशोधन कर किसानों के लिए बाज़ार को और ज़्यादा व्यापक बनाने का प्रयास किया है तथा मण्डियों में बुनियादी सुविधायें विकसित की गयी हैं उन्होंने कहा कि भविष्य में इन मण्डियों का प्रबन्धन भी किसानों द्वारा किया जायेगा समारोह को प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि रिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शोध की गुणवत्ता को बढ़ाये जाने की ज़रूरत है श्री नाईक ने कल लखनऊ स्थित राजभवन में आयोजित क्लपति सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां समाज के समक्ष आनी चाहिए उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा को नया आयाम मिल रहा है और इसमें मौलिक बदलाव हुए हैं श्री नाईक ने कहा कि पिछले चार वर्षा में विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र नियमित हो गये हैं लेकिन अब भी विश्वविद्यालयों में सुधार की ग्जाइश है उन्होंने कहा कि पाट्यक्रम रोजगारपरक हो इस बारे में भी गहन विचार करना चाहिए राज्यपाल ने कुलपतियों का आहवान किया कि वह देश के शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों में प्रदेश के विश्वविद्यालयों को शामिल कराने के लिए प्रभावी कदम उठायें प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है और राज्य के अधिकतर हिस्सों में तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है कल बांदा अड़तालिस डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा वहीं इलाहाबाद और झांसी में सैंतालिस डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान रिकार्ड किया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि शुष्क हवा और बढ़ते पारे ने राज्य में लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं

भीषण गर्मी ने प्रदेश में लोगों की सामान्य दिनवर्या को बुरी तरह से प्रभावित किया है दिन चढ़ते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो जाते है और दोपहर में सड़के बीरान नजर आती है गर्मी और लू के कारण हीट स्ट्रोक स्किन बर्न और डिहाइइशन के मरीजों की बड़ी संख्या अस्पतालों में देखी जारही है ऊँचे ताफ्यान के कारण आग लगने की घटनाओं में भी बढ़ोत्तरी हो गयी है मौसम विवाग ने कई जगहों पर आज तेज लू और गर्मी की चेतावनी जारी की है आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से में मुल्तान सिंह यादव

नगर विकास विभाग में सचिव संजय कुमार को सहारनपुर का मण्डलायुक्त और माध्यमिक शिक्षा विभाग में सचिव के पद पर तैनात कनक त्रिपाठी को आजमगढ़ का मण्डलायक्त बनाया गया है